सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के शुल्क में की बढोतरी

प्रदेशभर के मुस्लिम समुदाय के लोग पारम्परिक श्रद्धा के साथ इस पर्व को मना रहे है अजमेर में प्रसिद्व सूर्फी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हर वर्ष की तरह इस बार भी विशेष नमाज अदा की गई इस मौके पर जन्नती दरवाजा भी खोला गया यह दरवाजा उर्स सहित चार बार खोला जाता है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी प्रदेशवासियों को ईद के मौके पर शुभकामनाए देते हुए कहा है कि यह पर्व इन्सान में मौजूद समर्पण की भावना को सामने लाता है इस बीच प्रदेश के पश्चिमी सरहद पर पाक रेंजर्स ने ईद की मिठाई लेने से इनकार कर दिया है उन्होंने कहा कि हाई कमान से मिठाई लेने के आदेश नहीं है गौरतलब है कि दोनो देश त्यौहार और राष्ट्रीय पर्व पर बधाई और मिठाई का आदान प्रदान करते रहे है इधर सीमा सुरक्षा बल के ऑपरेशन अलर्ट का जायजा लेने के लिये महानिरीक्षक जी एस मलिक दो दिन पश्चिमी सरहद के दौरे पर रहेंगे

यह रेलगाड़ी रविवार को दिल्ली से चलती थी और अटारी पहुंचती थी पाकिस्तान में यह रेलगाड़ी लाहौर और अटारी के बीच चला करती थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक अंग्रेजी दैनिक को साक्षात्कार देते हुए यह जानकारी दी

यह जानकारी देते हए सहकारिता मंत्री ने बताया कि इसके लिये इन दोनो दिनों में शिविर आयोजित किये जायेंगे ताकि नई व्यवस्था के तहत सभी कार्य एक ही जगह पर किये जा सके और किसानों को तेजी से फसली ऋण वितरित हो सके उन्होंने कहा कि पहले से फसली ऋण ले रहे किसानों के अलावा दस लाख नये सदस्य बनाने का निर्णय भी लिया गया है

सीबीएसई ने बताया कि दिव्यांग छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं जमा करना है

देश के बाकी हिस्सों में इन वर्गो के छात्रों को यह लाभ नहीं मिलेगा

कल यह जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा हरे भरे प्रदेश का लक्ष्य लेकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोडा जायेगा उन्होंने बताया कि रोपे गये पौधों की लगातार पांच वर्ष तक देखभाल की जायेगी

इस अवसर पर प्रदेशभर के शिव मंदिरों में सवेरे से ही भक्तों की भीड उमड़ रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुखसमुद्धि ख्रशहाली और अमन चैन की कामना की

लगातार हो रही बारिश के बाद जिले के सात बांधों पर चादर चल रही है विरावली गांव में बिजली गिरने से एक महिला झलस गई है इस बीच मौसम विभाग ने आज अगले कुछ घंटों में टोंक जयपुर सवाईमाधोपुर दौसा और नागौर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और हल्की वर्षा होने की संभावना बताई है

चम्बल नदी खतरे के निशान से डेढ मीटर दूर रह गई है